मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैंकों से ऋण जमा अनुपात बढ़ाने को कहा केन्द्रीय संचार मंत्री मनोज सिंहा ने लोगों को बेहतर व सुविधाजनक डाक सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्वता जताई शारदीय नवरात्रे कल से विभिन्न शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध

नड्डा ने कहा कि सरकार नागरिकों को सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य देखभाल सेवा उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि सबको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सतत विकास लक्ष्य की कार्यसूची का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और भारत इसे हासिल करने के लिए वचनबद्ध है सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने भाग लिया और प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यकमों की जानकारी दी

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बैंकों को लक्षित क्षेत्रों कृषि पर्यटन बागवानी और सेवा क्षेत्रों में समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए ऋण जमा अनुपात बढ़ाने को कहा है आज शिमला में राज्य स्तरीय बैंकर्ज सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को संस्थागत ऋण उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों को अनुकूल माहौल तैयार करना चाहिए

मुख्यमंत्री ने ऋण देने के लिए जटिल प्रकियाओं और दस्तावेजों को सरल बनाने पर भी जोर दिया जयराम ठाकुर ने ऋण सुविधाओं में विस्तार के लिए ऋण नीति तैयार करने की जरूरत बताते हुए तय समय में ऋण जमा अनुपात में सुधार के लिए लक्ष्य निर्धारित करने को कहा मुख्यमंत्री ने बैंकों को किसानों के केसीसी कवरेज का विस्तार करने पर भी बल दिया उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगपतिओं की सुविधा के लिए औद्योगिक कलस्टर औद्योगिक हब और विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री ने बैंकों से इन इकाईयों को बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए आगे आने को कहा सम्मेलन में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से यूको बैंक के महाप्रबंधक विवेक कौल और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रोफेसर सतीश वर्मा ने भी प्रस्तुतियां दीं

समापन अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभ्यास वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा चारों सीटों पर ऐतिहासित जीत दर्ज करेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार से भाजपा नहीं बल्कि भाजपा से सरकार है और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से ही आज देश व प्रदेश में सरकार बनी है उन्होंने कहा कि मंडल मिलन कार्यक्रम कल से मुख्यमंत्री निवास में शुरू होगा और हर सप्ताह दो मंडलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इस कार्यक्रम में विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा अभ्यास वर्ग में क्षेत्र के पालक व सामाजिक न्याय मंत्री राजीव सहजल मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और सांसद वीरेन्द्र कश्यप सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया इससे पहले आज अभ्यास वर्ग में शिमला के पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष सुभाष चंदेल के निधन पर शोक प्रकट कर दो मिनट का मौन रखा गया इनका कल रात डेंगू से निधन हो गया था मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि भावी वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है

मारकंडा ने कहा कि जिन स्कूलों में विज्ञान अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं वहां जल्द नियुक्तियां की जाएंगी ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके इस अवसर पर कृषि मंत्री ने प्रदेशभर के स्कूली विद्यार्थियों द्वारा रखे गए मॉडलों का निरीक्षण भी किया

एक बयान में उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान स्पष्ट विपणन रणनीति और दूरदृष्टि की कमी के कारण खैर की लकड़ी बिरोजा और इमारती लकड़ी समय पर नहीं बिकने के कारण इनकी गुणवत्ता में कमी आ रही थी गोविन्द ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार ने सत्ता में आते ही निगम को वित्तीय घाटे से उभारने के लिए हरसंभव कदम उठाए हैं वन मंत्री ने कहा कि सरकार ने वन निगम के उत्पादों को बेचने के लिए एक स्पष्ट रणनीति बनाई है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं

इसी उपलक्ष्य में आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारतीय डाक विभाग लोगों को एक ही स्थान पर बेहतर और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में एक बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने नाहन शहर के लिए निर्भित की जा रही गिरि उठाऊ पेयजल योजना का कार्य युद्वस्तर पर कार्यान्वित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए ताकि इसका समयबद्ध लोकार्पण किया जा सके

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में वर्षा प्रभावित पंचायतों का आज दौरा किया

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि जिन परिवारों को वर्षा से नुकसान हुआ है उन्हें फौरी राहत के तौर पर पहले चरण में ये धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है उन्होंने कहा कि नुकसान की पूरी रिपोर्ट तैयार होने और राहत मैनुअल के तहत प्रभावित परिवारों को जल्द राहत राशि उपलब्ध करवाई जाएगी गुहिणी सुविधा सिरमौर जिला हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत तय लक्ष्य को निर्धारित अवधि से पहले पूरा करने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है

कांग्रेस औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था व अवैध नशों को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल रैली निकाली हल्ला बोल रैली बद्दी के बाईपास मार्ग से होते हुए तहसील कार्यालय तक निकाली गई जिसमें सरकार व प्रशासन के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी की गई और भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नशाखोरी के खिलाफ है और प्रदेशभर में इसके विरूद्व अभियान चलाया जाएगा उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों के पकड़े जाने पर जमानत का प्रावधान खत्म होना चाहिए अनुराग ठाकुर लोकसभा में मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाकुर ने आज अपने दिल्ली स्थित आवास पर कनाडा गणराज्य के कंजर्वेटिव पार्टी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष एंड्रयू शीर से मुलाकात की इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की गई अनुराग ठाकुर ने बताया कि बातचीत के दौरान एंड्रयू शीर ने दोनों देशों के बीच लोकतंत्र विविधता खेलों अनेकता की स्थिति और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित रणनीतिक संबंध मजबूत करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच आपसी व्यापार की व्यापक संभावना है जिनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए

इन नवरात्रों को देखते हुए प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों व अन्य मंदिरों को शानदार ढंग से सजाया जा रहा है कांगड़ा जिले में स्थित बज्रेश्वरी देवी ज्वालामूखी व चामूंडा देवी ऊना जिले में चिंतपूर्णी और बिलासपूर जिले के श्री नयना देवी शक्तिपीठों के अलावा सिरमौर जिले के त्रिलोकपुर स्थित माता बालासुन्दरी मंदिर में नवरात्र पर्व पर श्रद्धालुओं की भारी आमद की संभावना देखते हुए इन ज़िलों में प्रशासन ने विशेष तैयारियां की हैं यहां नवरात्र मेले का आयोजन किया जाता है मौजूदा हालात में सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं और मंदिर क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के साथ साथ अतिरिक्त संख्या में पूलिस बल की तैनाती की गई है राजधानी शिमला के कालीबाड़ी मंदिर और तारादेवी मंदिर में भी नवरात्र पर्व को लेकर तैयारियां की गई हैं सभी ज़िलों में प्रशासन ने लोगों से भी सहयोग का आहवान् किया है मांग लाहौल स्पीति जिले में पिछले दिनों हुई बर्फबारी से सेब सहित अन्य नकदी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है लाहौल घाटी किसान मंच के संयोजक व जिला परिषद सदस्य सुदर्शन जस्पा ने किसानों व बागवानों को हुए नुकसान का मुआवजा जल्द दिलाने की सरकार से मांग की है

जस्पा ने कहा कि घाटी में सेब के विपणन के लिए एचपीएमसीके कलैक्शन सैंटर भी स्थापित नहीं किए गए हैं और बिजली व दूरसंचार सेवा भी पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है शोक राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुर्यकांत के पिता मदन गोपाल शास्त्री के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने शोक संतप्त परिवारजनों से गहरी संवेदनाएं जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की है मदन गोपाल शास्त्री का कल शाम हरियाणा के हिसार ज़िले के एक अस्पताल में निधन हो गया था